इसके लिए सभी तैयारियां को अंतिम रूप देते हए विमानों से कोविड वैक्सीन देशभर में पहुंचाई जा रही है

राज्य में कोरोना वैक्सीन के वितरण का काम शुरू हो गया है जयपुर और उदयपुर में बनाए गए भंडारगृहों से विभिन्न जिलों में वैक्सीन भेजी जा रही है

इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और उनके स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या के अनुसार ही टीके आवंटित किए गए है

केन्द्र सरकार ने राज्यों को बर्ड पलू की रोकथाम के लिए अपने इलाकों में प्रभावी कार्य योजना बनाने की सलाह दी है साथ ही मुर्गी फार्मो में विशेष ऐहतियात बरतने को कहा है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है

भारतीय सशस्त्र दल आज वेटरन डे मना रहा है देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं की याद में यह दिन मनाया जाता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी वेटरन्स को बधाई देते हुए ट्वीट संदेश में कहा है कि देश उनकी गौरवपूर्ण सेवाओं और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा

प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है

सीकर चूरू पिलानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में शीतलहर चलने से गलन बनी हुई है